व्यापार और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को और बढाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में ये बात कही गई है दोनों नेताओं ने इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा तकनीकी और संपर्क जैसे क्षेत्रों में अपसी सहयोग बढाने पर सहमति बनी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि अमेरिका भारत के संबंध सिर्फ दो देशों की सरकारों के बीच के संबंध नहीं हैं बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच के संबंध है दोनों देशों के संबंधों को इस मुकाम पर लाने के लिये ट्रंप का महत्वपूर्ण योगदान है

इनमें मध्यप्रदेश की तीन राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं इन सीटों पर राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है

उसी दिन शाम को मतगणना होगी कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज भोपाल में वाहनों के लिये यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन और लायसेंस कार्ड की सुविधा का शुभारंभ किया परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मध्यप्रदेश अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला और यूनिफाइड लायसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है

श्री राजपूत ने बताया कि यूनिफाइड ड्रायविंग लायसेंस पूरे देश में एक रंग एवं समान पेटर्न के होंगे नए कार्ड में वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित इमरजेंसी नम्बर आर्गन डोनर क्यूआर कोड विशिष्ट सीरियल नम्बर सहित पूरी जानकारी होगी स्मारक नईदिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज एक वर्ष पूरा हो गया है पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे रोष्ट्र को समर्पित किया था

वहीं शाजापुर के पूर्व सैनिक प्रदीप वैद्य ने कहा कि वे सभी शहीदों को नमन करते हैं